राज्य के तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान कल सभी तैयारियां पूरी प्रदेश के चूरू और झुंझुनू में बारिश और ओलावृष्टि पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग में कल कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना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

सभी जिला कलक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कर्फ्यू आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने और नागरिकों से कर्फ्यू के दौरान प्रशासन का सहयोग करने और कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करने की अपील की गई है कर्फ्यू के दौरान पहले से चल रहे छूट की श्रेणी वाली सेवाओं में फल सब्जी दूध एलपीजी और बैंकिंग सेवाओं को शामिल किया गया है चिकित्सा सेवाओं सहित आवश्यक सेवाओं केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी बस स्टैण्ड रेल्वे मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी गर्भवती महिलाओं और रोगियों को डॉक्टर के यहां जाने की छूट होगी सभी निजी चिकित्सालयों लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ कार्य पर जा सकेंगे अन्तर्राज्यीय और राज्य के माल परिवन करने वाले भार वाहनों के भीतर लाने ले जाने के काम में लगे व्यक्तियों को कर्फ्यू से छूट मिलेगी

राज्य की अनाज मंडियों में फसलों की बिकी की अनुमति होगी लेकिन वहां कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जायेगी विवाह समारोह और अंतिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियां पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अनुमति होगी पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमने की अनुमति होगी फार्मास्यूटिकल दवाएं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानें दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाऐं आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं को कर्फ्यू से छूट मिलेगी बैंक एटीएम और बीमा कार्यालय काम करते रहेंगे

इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने और उसके वितरण का कार्य कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होगा एलपीजी पेट्रोल पम्प सीएनजी पेट्रोलियम और गैस से संबंधित रिटेल ऑउटलेट काम करते रहेंगे जिन निर्माण इकाईयों में श्रमिकों के परिसर में ही रहने की उपयुक्त व्यवस्था है वहां पर कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ कार्य करने की अनुमति होगी जिन उत्पादन इंकाईयों में रात की शिफ्ट है उन्हें इस दौरान अनुमति होगी

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के मुद्दों पर ग्राहकों के लिए एक हेल्प लाइन नंबर भी तैयार करने को कहा गया है

गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकारे मेडिकल ऑक्सीन लाने ले जाने वाले वाहनों के ऊपर किसी तरह का प्रतिबंधन न लगायें साथ ही राज्यों में उत्पादित ऑक्सीजन को केवल स्थानीय उपयोग के लिए नियंत्रित करने वाले प्रतिबंधात्मक आदेश न देने की सलाह दी गई है पत्र में स्पष्ट किया गया है कि माल और यात्री परिवहन पर अन्तर्राज्यीय या राज्यों के भीतर किसी तरह के प्रतिबंध नहीं हैं

उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि इस बारे में जारी आदेश सभी सरकारी और स्ववित्त पोषत विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कोविड संबंधी सभी दिशा निर्देशों की कड़ी पालना के साथ मतदान कराया जायेगा उन्होंने बताया कि स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण के साथ सुरक्षित मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मतदान और उससे जुड़ी सम्पूर्ण प्रक्रिया को कफ़र्यू से छूट मिलेगी मतदान केन्द्र में प्रवेश से पहले मतदाताओं का तापमान मापा जायेगा और बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जायेगा मतदाताओं को ग्लब्ज भी उपलबध कराये जायेगें जिससे किसी भी प्रकार का संकमण का प्रसार ना हो सके मतदान केंन्द्रों पर गोले बनाये गये है जहां मतदाता सोशियल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी बारी का इन्तजार करेंगे

मतदाता वैकल्पिक दस्तावेजों से भी मतदान कर सकते हैं मतगणना दो मई को होगी

मौसम विभाग इस वर्ष मई के अंतिम सप्ताह में अद्यतन पूर्वानुमान जारी करेगा

बीकानेर और करौली में भी कई स्थानों पर हल्की बारिश हई मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग में दोपहर बाद या शाम को हल्की बारिश की संभावना जताई है